राज्य में पिछले चौबीस घंटे में आठ सौ अठारह लोगों ने कोरोना को दी मात चार सौ तिरहतर नए पॉजिटिव मामले आए सामने विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी आज दुमका से तेरह और बेरमो से सत्रह प्रत्याशियों ने दाखिल किए हैं पर्चे शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज कलश स्थापन के साथ देवी दूर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हो रही पूजा अर्चना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

राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े व्यवसायिक वाहनों का रोड टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ता अंक चालीस प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मेधा सूची के आधार पर काउंसलिंग और सीट आवंटित करने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी आदर्श विद्यालय योजना के तहत अस्सी विद्यालयों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय और पंचायत स्तर पर चार हजार चार सौ सोलह विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने अंठावन ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से लोन लेने और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के एचईसी से प्राप्त छह सौ सैंतालीस एकड़ जमीन हस्तांतरित करने समेत कई और अहम प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इसे अप्रणीय क्षति बताया राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटे में आठ सौ अठारह लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं चार सौ तिरहतर नए पॉजिटिव मामले सामने आने को अलावा चार संक्रमितों के मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा तीन सौ अठारह और पूर्वी सिंहभूम से बिरासी मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा एक सौ तीस नए संक्रमित भी मिले हैं इसके अलावा बोकारो धनबाद देवघर और गुमला में एक एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई इस तरह राज्य में अबतक पन्चान्बे हजार चार सौ पच्चीस कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं इनमें अठासी हजार अंठावन लोगो कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और छह हजार पांच सौ तैंतालीस लोगों का इलाज चल रहा है इसके अलावा आठ सौ चौबीस संक्रमितों की जान जा चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर बिरान्बे दशमलव दो सात प्रतिशत तक पहुंच गई है जबकि मृत्यु दर घटकर शून्य दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है रांची जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर लगातार जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इस सिलसिले में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के मकसद से हैश टैग रांची विद मास्क नाम से एक कैंपेन शुरू किया है इसके तहत कोई भी व्यक्ति खुद का मास्क लगा सेल्फी जिला प्रशासन को भेज सकते हैं प्रशासन की ओर से हर सप्ताह चयनित लोगों को सम्मानित किया जाएगा उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है इधर जिले की छब्बीस जगहों पर आज से निःशल्क कोरोना जांच की जाएगी इसके तहत शहरी क्षेत्र में नौ जगह और सत्रह प्रखंडों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक सैंपल दिए जा सकेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर एस वी एस देव ने कहा है कि पिछले दो महीनों के दौरान लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कोरोना वायरस से स्वयं को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है

एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि यह राशि राज्यों को जीएसटी भरपाई के बदले ऋण के रूप में दी जाएगी बयान में बताया गया है कि इस ऋण से भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा

दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की आज स्क्रूटनी होगी इससे पहले नामांकन पत्र दाखिल कैरने के अंतिम दिन कल दुमका सीट के लिए आठ और बेरमो सीट के लिए छह प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया इस तरह दुमंका के लिए कुल तेरह और बेरमो उपचुनाव के लिए सत्रह प्रत्याशियों ने दाखिल किया है अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित दुमका सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी की डॉ लुईस मरांडी और झारखंड पीपुल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा हैं तो बेरमो सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो कांग्रेस के कुमार जयमंगल और बहुजन समाज पार्टी के लालचंद महतो अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं प्रत्याशी उन्नीस अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे जबकि मतदान तीन नवंबर और मतों की गिनती दस नवंबर को होगी

हजारीबाग जिले के संतावन नक्सल प्रभावित गांवों के समेकित विकास से संबंधित यूनिफाइड कमांड योजना को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की इस योजना के तहत इन गांवों में बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य मनरेगा कृषि और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ जरुरतमंदों को देने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड में लोगों को कृषि कानून की जानकारी देने के कृषि चौपाल का आयोजन किया गया

श्रम मंत्रालय ने मीडिया के एक वर्ग में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और किस्त दिए जाने की खबरों का खंडन किया है

यह सूचकांक सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि नए सूचकांक से औद्योगिक कामगारों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर में नगर निगम कार्यालय के नये भवन का उदघाटन करेंगे

राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृति परीक्षा के लिए बीस अक्टूबर से तेईस नवंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

साहिबगंज जिले के मिर्चाचौकी थाना क्षेत्र स्थित गोखला मिशन के पास पुलिस ने छापेमारी कर अठारह पशुओं के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है

केंद्र ने अपना बकाया तो काट लिया पर राज्य के लगभग चौहतर हजार पांच सौ करोड़ रुपए का बकाया देगा कौन शीर्षक से प्रभात खबर ने झारखंड के साथ हो रही नाइंसाफी को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने प्रतिबंध के बाद भी गुटका की हो रही बिक्री को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नाराजगी जाहिर करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया वहीं दैनिक भास्कर ने त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ यात्री वाहनों की बिक्री में लगभग छब्बीस प्रतिशत की होगी बढ़ोत्तरी को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने देवघर नगर निगम भवन का उदघाटन समेत कई अन्य योजनाओं के शिलान्यास किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है